सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा वित्तीय स्थिरता आतंकवाद से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी

श्री प्रभु ने एक ट्वीट में कहा कि वैश्विक मुद्दों पर गहन बातचीत के साथ विश्व कल्याण के लिए भारत की प्राथमिकताओं पर मुख्य रूप से चर्चा हुई

सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं क साथ औपचारिक बैठक और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना मतदाताओं के मन में राजनीतिक स्थिरता को दर्शाता है और यह लोकतंत्र की सुखद निशानी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हे ईवीएम पर भरोसा नही है उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जब खुद पर भरोसा न हो सामर्थ न हो तथा आत्म मंथन की तैयारी न हो तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है जिन लोगों ने ईवीएम को शुरू किया वे ही आज इसे लेकर शिकायतें कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि जब से ईवीएम का उपयोग शुरू हुआ है तब से चुनावी हिंसा और धांधली खत्म हुई है अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट संदेश में बताया कि माइक पॉम्पियो ने प्रधानमंत्री के साथ भारत अमरीका संबंधों के विभिन्न आयामा पर चर्चा की दोनों पक्ष महत्वपूर्ण भागीदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं

भारत में आम चुनाव के बाद अमरीका के साथ यह पहली उच्च स्तरीय वार्ता है माइक पॉम्पियो भारत की तीन दिन की यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार गंगा की निर्मलता और अविरलता के प्रति कटिबद्व है और गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पहुंचनी चाहिए श्री योगी गंगा नदी पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के संबंध में कल शाम लखनऊ के लोकभवन में आयोजित स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा पर प्रस्तुतिकरण देखने के बाद बोल रहे थे

श्री योगी ने कहा कि विभिन्न त्यौहारों और पर्वो पर नदियों को स्वच्छ बनाये रखने के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मूर्तियों के विसर्जन से नदियों में ठहर रहे प्रदूषर्ण के बारे में लोगों को बताया जाये उन्होंने कहा कि लोगों को नदियों में शवों को प्रवाहित नहीं करने के बारे में जागरूक किया जाये

मुख्यमंत्री ने गोमती नदी की सफाई के लिए नगर विकास और सिंचाई विभाग को सम्मिलित रूप से ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे समय बद्धता के साथ लागू करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कानपुर के टेनरी मालिक गंगा की निर्मलता और स्वच्छता तथा पर्यावरण प्रद्षण पर नियंत्रण के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जल निगम की परियोजनाओं को आगामी तीस जून तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों क खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी फलों के राजा आम की मिठास को देश विदेश तक पहुंचाने और किसानों को बाजार की संभावनाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से आज एपिडा द्वारा लखनऊ में बायर एण्ड सेलर मीट का आयोजन किया गया इस अवसर पर देश के साथ ही विदेशों से भी आये प्रतिनिधियों ने प्रदेश के किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के साथ ही आम और उससे तैयार उत्पादों के विषय में चर्चा की लखनऊ के मलिहाबाद और आस पास के क्षेत्रों के आमों का निर्यात देश विदेश में किया जाता है विशेषज्ञों ने आम की क्वालिटी और उत्पादकता बढ़ाने पर भी किसानों से चर्चा की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

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में विद्युतीकरण के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा

राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गये सभी दस शहरों धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपर्ण अयोध्या मथुरा वृन्दावन वाराणसी और प्रयागराज में अंडर ग्राउंड केबलिंग के लिए अनुरोध किया इसके अलावा लाइन लॉस को कम करने के लिए शहरों में ज्यादा बिजली चारी वाले क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था को स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमत्री ने कहा कि वह और देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे श्री मोदी ने विश्वास ज़ाहिर किया है कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विचारों के व्यापक आदान प्रदान की आशा है उन्होंने इंस्टाग्राम के ज़रिये सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ जी ओ वी खूला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं